सुबह विघानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरूद्व नारेबाजी गुरू कर दी सदन में प्रतिपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पहले आधे घंटे के लिए और फिर प्रस्न काल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया दोबारा कार्यवाही ग्रुरू हुई तो सदस्यों ने शोर गुल मचाना शुरू कर दिया इस बीच वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में चौतीस हजार आठ सौ तैतीस करोड़ रूपये का अनुप्रक बजट पेश किया उघर विघान परिषद की कार्यवाही भी विपक्षी दलों के शोर शराबे की वजह से कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी कार्यवाही शुरू होते ही सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाये और सदन के बीचोबीच आकर मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग करने लगे समापति ने सदन की कार्यवाही दो बार आधे आघे घंटे और बाद में सवा बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी पुन कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगमे के बीच सभापति ने राज्यपाल के विधान परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में दिये गये पत्र को पढ़ कर सुनाया

लगातार हंगामे को देखते हुए सभापति ने परिषद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है देवरिया प्रकरण का जिक्र करते हए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार तीन वरिष्ठ पूलिस अधिकारियों की समिति बनाकर इस प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच करा रही है इसके अलावा सीबीआई जांच की सिफ़ारिश भी की गई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में सभी पुलिस बलों को साइबर हमले से निपटने के लिए साइबर फोरेंसिक तकनीक और जानकारी प्राप्त करनी होगी नई दिल्ली में पुलिस अनुसंघान और विकास ब्यूरो के अड़तालिसवे स्थापना दिवस समारोह में श्री नायडू ने आज कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र को एकजुट होकर आधुनिक युद्द के खतरों और भाषी चुनौतियों से निपटने का संयुक्त तंत्र बनाना चाहिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपसी समन्वय और निजी क्षेत्र का सहयोग जरूरी है उन्होने आशा व्यक्त की कि पुलिस अनुसंघान और विकास ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यप्रणाली अपनाकर देश की पुलिस व्यवस्था दुरूस्त करने के ठोस सुझाव देगा और नीति तैयार करेगा इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पुलिस का आयुनिकीकरण महत्वपूर्ण है इसमें राज्य सरकारों को अहम भूमिका नियानी होगी श्री रिजिजू ने कहा कि चौदहवे वित्त आयोग ने पुलिस आध्निकीकरण के लिए पर्याप्त राशि निर्वारित की है जैव ईघन से चलने वाले देश के पहले यात्री विमान ने आज देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरी यह परीक्षण उड़ान नई दिल्ली के इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रषु पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नागर विमानन राज्य मंत्री जयन्त सिन्हा ने इस उड़ान का स्वागत किया श्री प्रधान ने ट्वीट संदेश में कहा कि वैकल्पिक इंघनों को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा प्रयास है देश में इस तरह के पहले परीक्षण के लिए जैव ईघन देहरादून के भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने विकसित किया है श्री प्रवान ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईघन नीति के तहत इस परीक्षण से परिवहन और विमानन क्षेत्र में टिकाऊ तथा वैकल्पिक ईघनों को बढ़ावा मिलेगा उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव अपराधों के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सजा की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय की पीठ ने एक अधिवक्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया याचिका में चुनाव संबंदी अपराधो को दंडनीय अपराध बनाने की मांग की गई थी सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट खेल नीति घोषित कर दी है आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नीति केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में खेल को बढ़ावा देने की बुनियादी सुविधाएं तैयार करेगी इससे मनोरंजन स्वास्थ्य स्पर्घा और सामाजिक सद्माव को बढ़ावा मिलेगा